केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया की आज घोषणा की श्री जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म और टेलीविजन महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है अब फिल्म् का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं उसके लिए सोशल डिस्टेंमसिंग मास्क केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्श्न से जुड़े हों वो मास्क लगाएगे सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्सड एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इन्डस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी श्री जावड़ेकर ने बताया कि टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों की शूटिंग का कार्य अब समूचे देश म शुरू किया जा सकता है उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कुछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी लेकिन अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर रही है उन्हांने कहा कि यह उद्योग अर्थव्यवस्था का महत्वपर्ण स्तभ है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम कर्मचारियों का प्रावधान है मानक संचालन प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाएगा कि शूटिंग की जगहों और अन्य संबंधित स्थानों पर सुरक्षित दूरी बनाई रखी जाए इसमें स्वच्छता की उचित व्यवस्था भीड़भाड़ रोकने के उपाय और सुरक्षा उपकरणों उपयोग के प्रावधान शामिल किये गये हैं इसके तहत शूटिंग स्थलों रिकॉर्डिंग स्टूडियों और संपादन कक्षों में छह फीट की दूरी रखी जानी चाहिए कैमरा लोकेशन शूटिंग और अन्य संबंधित कार्यों में सभी लोगों को इस दूरी का पालन करना होगा फिल्म जगत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुभाष घई ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री को धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड प्रभावित लोगों को सुचारू और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी दिन में दो बार बैठक करें और इस दौरान सामने आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करायें मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में टेस्टिंग तथा कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए अग्रिम रणनीति तैयार करने के लिए कहा मुख्यमंत्री ने लखनऊ प्रयागराज कानपुर नगर गोरखपुर जनपद में संक्रमितों की संख्या को देखते हुए यहां विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन न न किये जाये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

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है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

देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है

वहीं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के पॉच हजार चार सौ तेईस नये मामले सामने आये हैं अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब एक लाख सत्तासी हजार सात सौ इक्यासी हो गयी है उन्होंने बताया कि अभी तक एक लाख पैतीस हजार छः सौ तेरह लोग इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के प्लाज्मा थेरेपी उपचार को बढ़ावा देने के लिए आज बस्ती मण्डल में एक वबिनार का आयोजन किया गया इसमें प्रदेश के सिद्वार्थ विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य शिक्षण संस्थान भी जूड़े

वेबिनार को अध्यक्षता सांसद जगदम्बिकापाल ने की उन्होंने कहा कि इस वेबिनार का उददेश्य कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ हुए व्यक्तियों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ लोगों को इस प्रकार के उपचार के लिए जागरूक करना है

प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने आज लखनऊ में पत्राकारों को बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषित जलजनित और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और इन क्षेत्रों में रोगों के उपचार के लिए समुचित औषधियों का पर्याप्त स्टॉक रखने के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए लगायी गयी नौकायें पूर्णतयाः सुरक्षित हों और राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सभी सूविधायें उपलब्ध करायी जाये तथा वहां सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाये श्री गोयल ने प्रदेश की बाढ़ स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि राज्य में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं तटों की लगातार निगरानी की जा रही है